विधानसभा में आज बजट पर चर्चा पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष का बजट युवाओं की शिक्षा कौशल विकास रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए उन्होंने कहा कि अब राज्य में कोविड टीकाकरण का कार्य तेज गति से जारी है श्री योगी ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि कोविड महामारी के दौरान लोगों को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लोगों को आवास बिजली कनेक्शन राशन पोर्टेबिलिटी की सुविधा और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने का काम जारी है

श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में पंचायत स्तर पर बीसी सखी की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है उन्होंने कहा कि बीसी सखी की नियुक्ति के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पैसे निकालने और जमा करने की सुविधा उनके गांव में ही उपलब्ध होगी विधान परिषद में सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने आज सदन से बहिर्गमन किया शुन्य प्रहर में समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने प्रदेश में बेरोजगारों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया नेता सदन डॉक्टर दिनेश शर्मा और श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सदन को तथ्यों से अवगत कराया सरकार के उत्तर से संतुष्ट न होने के कारण समाजवादी पार्टी के सभी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया प्रदेश सरकार ने पैंतालीस वर्ष से साठ वर्ष के बीच के आयु के लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाने के बारे में नये दिशानिर्देश जारी किये हैं इन दिशानिर्देशों के मुताबिक सरकारी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में सप्ताह के छः दिन कोविड टीकाकरण का काम होगा जबकि अन्य सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण सप्ताह में तीन दिन सोमवार गुरुवार और शुक्रवार को किया जाएगा शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए स्वयं से पंजीकरण कराने वालों को प्राथमिकता दी जायेगी उनके लिये साठ प्रतिशत स्लॉट आरक्षित होगा चालीस प्रतिशत स्लॉट उन लोगों के लिए होंगे जो बिना पंजीकरण के इन केंद्रों पर पहुंचेंगे स्वयं से पंजीकरण कराने वाले लोगों को सुबह नौ बजे से ग्यारह बजे तक टीका लगाया जाएगा इसके बाद पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अन्य लोगों का टीकाकरण ग्यारह बजे से शाम पांच बजे तक किया जायेगा ग्रामीण क्षेत्रों में पचास प्रतिशत स्लॉट पंजीकरण कराने वालों और पचास प्रतिशत स्लॉट सीधे स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचने वालों के लिये आरक्षित रहेगा प्रदेश में कोविड नाइन्टीन के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर दो हजार पच्चीस रह गयी है पिछले चौबीस घटे में राज्य में कोरोना संक्रमण के सतहत्तर नये मामले सामने आये हैं जबकि इस दौरान एक सौ चौंतीस मरीज स्वस्थ हुए हैं अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने आज लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में एक लाख पच्चीस हजार पांच सौ पचास कोविड नमूनों की जांच की गयी प्रदेश में अब तक तीन करोड़ सोलह लाख इकत्तीस हजार दो सौ अड़तीस नमूनों की जांच की जा चुकी है आज विश्व वन्यजीव दिवस है यह दिन वन्य जीवों और पौधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है इस वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस का विषय वन और आजीविका मानव और पृथ्वी का सतत विकास है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्यजीयों के संरक्षण में लगे सभी लोगों को नमन किया है उन्होंने कहा कि भारत में शेरों बाघों और तेंदुओं सहित विभिन्न पशुओं की संख्या में लगातार वृद्वि हो रही है श्री मोदी ने कहा कि लोगों को देश के वनों के संरक्षण और जानवरों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास करने चाहिए